रोज़गार पाने वाले योग्य य्वा तैयार करने के विषय में हरियाणा देश में अब तीसरे स्थान पर आ गया है पहले हरियाणा देश के पहले दस में नहीं था

उन्होंने राज्य में सशस्त्र बल आंरभिक संस्थान की स्थापना के लिए सेना को भूमि सहित हरसंभव सहयोग की पेशकश की ताकि अधिकतम यूवा सशस्त्र बलों में शामिल हो सकें

इजरायल की अपनी यात्रा का स्मरण करते हए उन्होंने कहा कि इजरायल में हर य्वा के लिए सेना में कम से कम दो तीन वर्ष बिताना अनिवार्य है उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय कैडेट कोर्पस की तर्ज पर प्लिस कैडेट कोर्पस का नया कोर्स श्रू किया है ताकि विद्यार्थियों को छोटी उम्र से ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके नीति आयोग लम्बी अवधि के लिये सामाजिक और वित्त विकास विशेषज्ञ दार्शनिक और सरकारी संगठनों की सेवायें लेने के लिए बातचीत का सिलसिला श्रू करेगा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की बहत बड़ी पहल है जिससे सार्वभोमिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता मिली है उन्होंने कहा कि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को आंरभिक स्वास्थ्य सेवा की आयूष प्रणाली को भी शामिल करना चाहिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि डिजीटल स्वास्थ्य में ये क्षमता है कि स्वास्थ्य स्धार को बदल सके उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि विश्व स्तरीय स्वासथ्य स्विधाएं कम कीमत पर मिले जिससे एक स्वास्थ्यवर्धक न्या भारत बनाने में सहायता मिलेगी हरियाणा राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी दवारा प्रदेश भर में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है

एडस नियंत्रण सोसायटी की परियोजना निदेशक डा बीना सिंह ने बताया कि इस केद्र से अम्बाला से साथ लगते यम्नानगर और क्रूक्षेत्र जिलों में एचआईवी प्रभावित लोगों को निशुल्क टेस्ट व इलाज की स्विधाएं उपलब्ध होगी इससे पूर्व हर तरह का सेंटर केवल रोहतक में है डॉ सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में इस तरह के छ केन्द्र स्थापित किए जा रहे है हरियाणा रेड रिबन जागरूतका अभियान के तहत आज पंचकूला में भी लोगों को जागरूक करने के लिये दो दिवसीय कार्यक्रम किये जा रहे है प्रोजेक्ट निदेशक ने बताया कि तीस सदस्यी टीम का गठन किया गया है ये टीमें क्रूक्षेत्र पानीपत सोनीपत फरीदाबाद ग्रूग्राम रोहतक भिवानी व कैथल सहित नौ जिलों में कार्यक्रम प्रस्तुत कर जागरूक करने का कार्य करेंगी

भिवानी पहंची खादी एवं ग्रामोद्योग बोई की अध्यक्ष गार्गी कक्कइ ने कहा कि अब खादी को बढ़ावा देकर रोजगार बढ़ाए जा रहे हैं जल्द ही हर जिला में बोई का स्टोर ख्लेगा और फैशन शो करवाकर य्वाओं को खादी से जोड़ा जाएगा

उन्होंने किा कि जिला स्तर पर एक एक स्टोर खोला जायेगा

कक्कड़ ने कहा कि बोर्ड अब जेलों में बंद महिलाओं को अपने साथ जोडक़र उन्हे रोजगार देने की नई पहल श्रु करेगा प्रदेश में होने जा रहे पांच नगर निगम च्नावों को लेकर च्नाव आयोग ने तैयारी कर ली है राज्य के मुख्य च्नाव आय्क्त डॉ दलीप सिंह ने करनाल जिले के वरिष्ठ अधिकारीयों के साथ समीक्षा बैठक की और निष्पक्ष व् शांतिप्र्ण च्नाव को लेकर दिशा निर्देश दिए पत्रकारों से बातचीत में राज्य च्नाव आय्क्त ने बताया कि वे च्नाव संबंधी तैयारियों से संत्ष्ट हैं

केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर ने आज पलवल के पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव हरफली में एक करोड़ पन्द्रह लाख रूपये की लागत से हरफली से सीकरी तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया

आरोपी की पहचान जसपाल सिह निवासी खोखर के रूप में हुई है